कहा लॉकडाउन खत्म हुआ है कोरोना नहीं

श्री मोदी ने आज राष्ट्र के नाम संदेश में नवरात्रि दशहरा ईद दीपावली छठ और गुरुनानक जयंती के मद्देनजर लोगों से मास्क पहनकर निकलने और सावधानी बरतने की भी अपील की

उन्होंने बताया कि देश मे कोरोना के टीके का निर्माण अग्रिम चरण में है और हर नागरिक तक टीका पहुंचाने की योजना पर काम चल रहा हैं

इसे कर्मचारियों के खाते में डाला जाएगा साथ ही इसी वित्तीय वर्ष में प्रे एरियर का भूगतान कर दिया जाएगा

लोस व्यय लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा दस प्रतिशत बढ़ा दी गई है केंद्र ने इस सम्बंध में निर्वाचन आयोग की सिफारिश स्वीकार कर ली है

विधि मन्त्रालय ने कल इस सम्बंध में अधिसूचना जारी कर दी

इन सीटों पर जहां प्रचार जोर शोर से चल रहा है वहीं मतदाताओं को जागरुक करने के प्रयास भी तेज हो गये हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुरैना जिले के जौरा और अम्बाह में भाजपा आमसभाओं को संबोधित किया इस दौरान उन्होंने मंत्री इमरती देवी पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा श्री चौहान कल छतरपुर सागर रायसेन और राजगढ़ जिलों में रैलियों को संबोधित करेंगे वहीं केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर मंदसौर धार और खंडवा जिलों में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभाओं में भाग लेगें केंद्रीय मंत्री फग्गनसिंह क्लस्ते मुरैना के जौरा में जनसंपर्क करेंगें वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों क समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिग्विजय सिंह पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह सहित वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने प्रचार की कमान संभाल रखी है अनुपपुर में कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी ने आज भाजपा प्रत्याशी बिसाहूलाल के विरुद्ध उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर प्रदर्शन किया अतिरिक्त रेल रेल प्रशासन द्वारा त्योहारी सीजन में अतिरिक्त यात्री यातायात को क्लियर करने के लिए कई प्रजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि ये ट्रेन हबीबगंज से पटना अगरतलारीवा और जबलपुर से पूणे के बीच चलेंगी

यह पिछले तीन महीनों का रिकॉर्ड है सक्रिय मरीजों की संख्यात भी कुल संक्रमित व्यक्तियों के दस प्रतिशत से कम हो गई है जो एक नई उपलब्धि है देश में सक्रिय मरीज़ों की संख्या साढ़े सात लाख से भी कम है

वहीं तेईस लोगों को डिस्चार्ज किया गया

नीमच जिले में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है

छिंदवाड़ा जिले में बारह लोगों में संकमण की प्रष्टि हई है वहीं सत्रह लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई जन आंदोलन अपील कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गये है

वहीं सतना जिले के चित्रकूट में जन शिक्षण संस्थान कार्यालय में आज प्रशिक्षकों समाज शिल्पी दंपति कार्यकर्ताओं और जन शिक्षण संस्थान के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से कोरोनावायरस से बचाव के लिए शपथ ली तथा ग्रामवासियों को भी इस बीमारी से बचाव के लिएजागरूक करने का निर्णय लिया उधर इंदौर में फील्ड आउट रीच ब्यूरो द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान में लोगों को मास्क पहनने की शपथ दिलाई गई पीएम आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मुर्तरुप देने के लिए इंदौर में आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केन्द्र की षुरुआत की गई लोक संस्कृति मंचे के माध्यम से संचालित इस केन्द्र का उदघाटन सांसद षंकर लालवानी ने किया इस केंद्र के माध्यम से हस्तशिल्प कला और संस्कृति से जुडी विधाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा सांसद श्री लालवानी ने बताया कि इस संस्थान में कला और हस्तशिल्प से जुडे उत्पादों का प्रशिक्षण देने के साथ उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विक्रय के लिए भी मदद दी जाएगी

उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहां हमारे जीवन से जुड़े तत्वों मिट्टी गाय के गोबर और प्राकृतिक सामग्री से उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा

वहीं जिले के शक्ति गांव में जागरुकता रैली निकाली गई

सभी दो सौ संत्तानवे मतदानकेन्द्रों पर उचित व्यवस्था की गई है